अब ये कानून बन गया प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के लिए पंजीकरण शुरू इसके तहत किसानों को वृद्दावस्था पेंशन दी जाएगी राज्य में भारत छोड़ो आन्दोलन की वर्षगांठ पर पौधा रोपण महाक्म के अन्तर्गत कल बाईस करोड़ से अधिक पौधे लगाकर बना विश्व रिकार्ड दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव दुष्कर्म मामले के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ आरोप तय किये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम दो हजार उन्नीस को मंजूरी दे दी है विधि और न्याय मंत्रालय ने कल इस आशय के गजट अधिसूचना जारी कर दी है संसद ने हाल ही में सम्पन्न हुए संसदीय सत्र में इस विधेयक को पारित कर दिया था विधेयक में जम्मू और कश्मीर को एक केन्द्र शासित प्रदेश बनाये जाने का प्रावधान है जिसकी अपनी विधानसभा भी होगी इसमें लद्दाख को बिना किसी विधानसभा के केन्द्र शासित प्रदेश बनाने का प्रावधान है

योजना के तहत देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को वृद्वावस्था पेंशन देने का प्राव्यान है केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र तोमर ने बताया कि पंजीकरण आरम्भ होने के पहले घंटे के दौरान ही विभिन्न राज्यों में लगभग चार सौ अट्ठारह किसानों ने सामान्य सेवा केन्द्रों पर नाम पंजीकृत करा लिये थे इस प्रक्रिया में और तेजी आने की उम्मीद है प्रधानमंत्री जल्द ही इस योजना का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों और आर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड को मजबूत बनाने के साथ साथ निजी उद्योग के निवेश को भी प्रोत्साहन देगी रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा कंपनियों के लिए घरेलू बाजार के साथ साथ निर्यात में योगदान के लिए अच्छे अवसर है रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उदार बनाया गया है

कल नई दिल्ली में उन्होंने इस योजना का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच तथा गुजरात और महाराष्ट्र के बीच वीडिओ कांफ्रेंसिंग के जरिये औपचारिक शुभारंभ किया

जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रेरणात्मक संबोधन का स्वागत किया है अधिकतर लोगों का विचार है कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन में राज्य के चौमुखी विकास के लिए वहां के लोगों के प्रति प्रतिबद्दता और विश्वास झलकता है आकाशवाणी से बातचीत में राज्य के लोगों ने प्रधानमंत्री के भाषण की तारीफ की मेरा नाम मोहम्मद रफीक वानी है कल रात को मैं वजीरे आजम का कौम के नाम खिताब सुन रहा था और मेरे को लग रहा था कि जो उन्होंने अपने खिताब में फरमाया उससे अब जम्मू कस्मीर के हालात बड़ी जल्द सुधर जाएंगे और डेवल्पमेंट भी बड़ी जोरों पर होगी मैं शिल्या दुबे

राज्यसभा में कांग्रेस के पूर्व मुख्य सचेतक भुवनेश्वर कलिता कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में सरकार के निर्णय पर कांग्रेस पार्टी के रवैये का विरोध करते हए पिछले दिनों राज्यसभा से इस्तीफा दिया था अमेठी के संजय सिंह के बाद भाजपा में शामिल होने वाले वे राज्यसभा के दूसरे कांग्रेसी सदस्य हैं उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राम जन्मभूमि बादरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में दैनिक सुनवाई जारी रखेगा मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ एडवोकेट राजीव धवन की आपतियों को न्यायालय ने नामंजूर कर दिया श्री धवन ने कहा था कि सप्ताह में पांच दिन सुनवाई में भाग लेना उनके लिए संभव नहीं होगा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कल लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह द्वारा धारा तीन सौ सत्तर को खत्म करना देशवासियों के सपने को साकार करने जैसा है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की मुहिम के बारे में जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे राज्य में कल भारत छोड़ो आन्दोलन की सतहत्तरवीं वर्षगांठ पर वक्षारोपण महाकुंभ के अन्तर्गत एक दिन में बाईस करोड़ से अधिक पौधे रोपण कर विश्व रिकार्ड बनाया गया वृक्षारोपण के कार्य में विभिन्न विभागों संस्थाओं स्कूलों कॉलेजों जनप्रतिनिधियों और समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने कासगंज में गंगा किनारे बासठ एकड़ से अधिक भूमि पर एक लाख एक हजार पौधे लगाये जाने के कार्यक्रम का शुभारम्म किया यहां इक्यावन प्रजातियों के पौधे लगाये गये हैं योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के जैतीखेड़ा सरोजनीनगर में पौधा रोपण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया बाद में मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में गंगा युमना तट पर निशुल्क पौधे वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया इस अवसर पर उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड अटेम्ट कार्यक्रम में पौधा रोपण के क्षेत्र में विश्व रिकार्ड का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि तीन रिकार्ड बनने जा रहे है

दूसरा रिकार्ड प्रदेश के अंदर एक स्थान पर महामहिम राज्यपाल के सानिध्य में कासगंज में एक लाख एक हजार वृक्षारोपण का कार्यक्रम सम्पन्न हो चुका है

भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सिद्वार्थनगर जनपद में अड़तीस लाख पौधो का रोपण हुआ है उन्नीस सौ बयालिस में देश की आजादी के लिये संकल्प लिया गया था और कल कृष्कारोपण का कार्यक्रम जीवन की आजादी के लिये हैं

दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव दुष्कर्म मामले के आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं अदालत ने भारतीय दंड संहिता और बाल यौन अपराध निवारण अधिनियम पॉक्सो की धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सेंगर की सहयोगी शशि सिंह के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं उस पर नाबालिग लड़की का अपहरण करने का आरोप है पीड़िता और उसका वकील अभी दिल्ली के एम्स में भर्ती है फिल्म निर्माता राहुल रवेल की अध्यक्षता वाली जूरी ने छाछठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा कर दी है आयुष्मान खुराना को उनकी फिल्म अंधाध्न और विक्की कौशल को उड़ी द सर्जीकल स्ट्राइक को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कीर्ति सुरेश को तेलुगु फिल्म महानती के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा आदित्य धर को उड़ी द सर्जीकल स्ट्राइक के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का और अभिषेक शाह के निर्देशन वाली गुजराती फिल्म हेल्लारो को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा है बधाई हो को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिलेगा

दुनियाभर के बीस लाख से अधिक हज यात्री खेमों के शहर मिना में एकत्र हो गए हैं